कांग्रेस ने आज फिर अपने बागी विधायकों से कहा कि वापस अपने घर में लौट आयें और उनके कोई मतभेद हैं तो पार्टी के मंच पर अपनी बात रखें आज शाम एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सचिन पायलट को कांग्रेस ने प्रोत्साहित कर आगे बढाया

उनके पास इसके सबत भी हैं और यह घटनाक्रम राज्यसभा चनाव से पहले होने वाला था श्री गहलोत ने कहा जो लोग षडयंत्र में शामिल थे वे ही सफाई दे रहे थे

इस बीच प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर मंथन के लिए जयपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई बैठक से पहले प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाये हुए हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खूद पहल करते हुए विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना चाहिए

प्रधानमंत्री ने आज विश्व कौशल दिवस के अवसर पर एक डिजिटल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए युवाओं को बघाई दी और कहा कि यह दनिया सही मायनों में युवाओं की है क्योंकि उनमें सदैव नए कौशल हासिल करने की व्यापक क्षमता होती है उन्होंने कहा कि नई विश्वे संस्कृति और नए कार्य संस्कार को देखते हुए हमारे युवा नये नये कौशल को तेजी से अपना रहे हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यक्रम को वीडियो कांफेस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने ऐसी योजनाए बनाई हैं जिससे प्रदेश के युवाओं में कौशल विकास कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कौशल विकास के साथ साथ युवाओं में उद्यमिता को भी बढावा दिया जाए इसके लिए आरएसएलडीसी स्किल डवलपमेंट यनिवर्सिटी और आईटीआई के माध्यम से यवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा आरएसएलडीसी द्वारा संचालित केन्द्रों से कौशल विकास का प्रशिक्षण लेकर रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं से संवाद किया और उनकी हौसल अफजाई की

ब्रंदी पुलिस ने आज शहर के बाजारों में कोरोना से बचाव के लिए जनजागृति रैली निकालकर संदेश दिया झालाबाड़ में जागरूकता रथो ने आमजन को जागरूक किया और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने मॉस्क का प्रयोग करने हाथ बार बार धोने और सेनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह दी

स्कूल संचालकों की समिति की श्रीगंगानगर में हुई बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया

श्री अग्रवाल ने बताया कि विदेशों से आने वाले प्रवासियों की सभी व्यवस्थाओं को लेकर समय समय पर समीक्षा की जाती है और उसी के अनुरूप सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं

सीबीएसई ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छात्रों के उत्तीर्ण होने वालों की संख्या में मामूली वृद्धि हई है

यह पोर्टल सेन्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेन्स सीईजी की ओर से तैयार किया गया है

उन्होंने बताया कि सीईजी ने ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर बारहवीं की मेरिट के आधार पर अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया श्रू की है

झालावाड़ के झालरापाटन में विभिन्न प्रजातियों के एक ॅ हजार पौधे लगाए गए सवाईमाघोपुर में जिला कर्लेक्टर नन्नूमल पहाड़िया पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की उपस्थिति में पौधरोपण किया गया भरतपुर में मनरेगा के तहत जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के नेतृत्व में सेवर के गांव नगला परसराम में पंच फल वक्षारोपण के साथ पौधों के संरक्षण की शपथ ली गई सिरोही जिले के उड़ गांव में जिला स्तरीय सघन वृक्षारोपण कार्यकम में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने पौधारोपण किया

ब्रंदी और सिरोही में आज क्छ जगह बरसात हई है मौसम विमाग ने आज इंगरपुर उदयपुर बांसवाडा सिरोही तथा जालौर जिलों में भारी बारिश तथा कई जिलों में तेज हवाए चलने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने कल भी उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा सिरोही तथा राजसमंद जिलों में भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है

इसीलिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और दो गज की दूरी बनाए रखें बार बार हाथ घोयें या सेनेटाइजर से साफ करें